राज्य सूचना आयोग आमजन के मामले तेजी से निपटाने के लिए लोक अदालत लगायेगा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में जो कहा गया है सरकार उसे पूरा करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के बावजुद जिस तरह सारा प्रबन्धन किया वह सराहनीय हैं

उन्होंने कहा कि यह स्थिति प्रदेश को दिवालियापन की ओर ले जा रही है श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार का यह आरोप बेब्नियाद है कि केंद्रीय अनुदान पूरा नही मिल रहा

मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों महाराष्ट्र केरल पंजाब मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात में कोरोना दोबारा तेजी से फैल रहा है छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है इसीलिये कोरोना से जंग में ढिलाई नहीं बरतें और भीड़ से बचने मास्क लगाने हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करें

प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान में आज भी सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों ने टीके लगवाये बुंदी में आज जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्ला ने कोविड यैक्सीन की दूसरी खुराक ली जिले के जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मदारी निमाते हुए गांव के वरिष्ठ जनों को वेक्सीनेशन सेंटर पर लाकर टीका लगवा रहे हैं भरतपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र प्रकाश शर्मा सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर कोविड टीका लगवाया जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि कल जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं और उनके परिजनों का टीकाकरण कराया जायेगा श्रीगंगानगर में जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोविड टीके की दूसरी डोज लगयायी हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज जिला अस्पताल में लगवाई राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट स्टाफ ने भी कोरोना यैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं ये भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को इस बात का हर्ष है कि इसने बाजरे को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निमाई

इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है

सरकारी गजट में अधिसूचित होने के बाद ब्याज दर ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में जमा की जाएगी

निरीक्षण में ई मित्र केंद्रों पर अवितरित पाये गये जन आधार कार्डो को शीघ्रता से वितरित करने के निर्देश दिए गये ई मित्र केन्द्रों को नयी रेट लिस्ट लगाने के भी कहा गया है

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है